इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किये हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा

एक टवीट में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं से समूचे देश का आत्म विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव बढ़े इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब जब इस प्रकार की सेटेलाइट लांच होंगे तो सामान्य नागरिकों के वहां बैठने की व्यवस्था की जाएगी और हमारे वैज्ञानिकों की और देश की इस महान सिद्धि को वे भी अपनी आंखों से देखपाएं आज उसकी भी शुरूआत हुई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर सिवन ने आज के सफल प्रक्षेपण के लिए संगठन के वैज्ञानिकों और सहयोगी उधोगों को बधाई दी है वैज्ञानिकों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस मिशन में बहत सारी चीजें पहली बार हुई हैं यह मिशन इसरो के लिए बहुत खास है क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दौरान पहली बार हुई हैं पहली बार पीएसएलवी ने चार स्टॉप के साथ उड़ान भरी हैं साथ ही पीएसएलवी ने तीन मिशन को एकही उड़ान में शामिल किया है यह पहली बार है जब पीएसएलवी की नई टीम यह कार्यक्रम कर रही है

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण क मतदान के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट से पांचवीं बार अपना नामाकन दाखिल किया हैं इससे पूर्व वह चार बार यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं

इस बार बसपा ने उन्हें बरेली की आंवला लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है सपा के वरिष्ठ नेता शफीकुर्रहमान बर्क ने सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संभल सीट से अपना नामांकन दाखिल किया

बरेली संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन मोहन ने भी आज अपना नामांकन कराया

तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर मैनपुरी संभल फिराजाबाद एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीभीत संसदीय सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान होगा

यह बसें विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच कर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेगी

दूसरा वाहन कल गाजियाबाद से देवरिया में जा करके समाप्त होगी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

बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है पार्टी ने शाहजहांपुर सुरक्षित सीट से अमर चन्द्र जौहर मिश्रिख सुरक्षित सीट से नीलू सत्यार्थी फर्रूखाबाद से मनोज अग्रवाल अकबरपुर से निशा सचान जालौन सुरक्षित सीट से पंकज सिंह और हमीरपुर लोकसभा सीट से दिलीप कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है इससे पहले बसपा अपनी पहली सूची में ग्यारह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है

पार्टी लोकसभा चुनाव के लिये अब तक सत्रह उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चूकी है

सी बी डी टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है विजया बैंक और देना बैंक का आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया इन दोनों बैंकों के विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बडौदा के प्रमुख पीएस जयक्मार ने एक विज्ञप्ति में बताया कि यह नई इकाई एक मजबूत संगठन बनाने के लिए और विनियमिकरण की सफलता के लिए काम करेगी निर्वाचन आयोग ने पहली अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नये वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी